प्रदेश में चित्रगुप्त पूजा और भैया दूज का त्योहार श्रद्धापूर्वक मनाया गया

न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े देश के सैंतालीसवें प्रधान न्यायाधीश बनाये गये हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से जस्टिस बोबड़े के नाम की सहमति मिलने के बाद कानून मंत्रालय ने नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है न्यायमूर्ति बोबड़े अठारह नवम्बर को देश के प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे गौरतलब है कि सत्रह नवम्बर को मौजूदा प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई सेवानिवृत्त हो रहे हैं मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा है कि पटना में जलजमाव से प्रभावित इलाकों में खराब हुए वाहनों के बीमा दावों के भुगतान के लिए कैंप लगाकर निबटारा किया जायेगा श्री कुमार ने कहा है कि राजेन्द्र नगर में बीमा कंपनियों और परिवहन अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से शिविर लगाये जायेंगे वित्त विभाग ने बीमा कंपनियों से बाढ़ और जलजमाव के कारण संपत्ति को हुए नुकसान के दावों का निबटारा एक महीने के भीतर करने को कहा है सहरसा जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत भर्राही में पुलिस ने पैक्स अध्यक्ष छोटे लाल यादव और उसके एक सहयोगी को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है पैक्स अध्यक्ष के घर से एक पिस्तौल पिस्तौल की पांच मैगजीन कारबाईन की दो मैगजीन और पच्चीस कारतूस बरामद किये गये हैं पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि पिछले दिनों पकड़े गये कुख्यात अपराधी सनोज यादव की निशानदेही पर ये कार्रवाई की गयी है भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी बी श्रीनिवासन को राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी का अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है वहीं निर्मल कुमार आजाद राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो और पुलिस आधुनिकीकरण के नये अपर पुलिस महानिदेशक नियुक्त किये गये हैं राजधानी पटना समेत राज्य भर में चित्रगुप्त पूजा और भैया दूज का त्योहार पूरी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया हमारे संवाददाता ने बताया कि पटना सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भगवान चित्रगुप्त की विशेष प्रजा का आयोजन किया गया पटना के गर्दनीबाग स्थित ठाक्रबाड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की और राज्य में सुख समृद्धि की कामना की पूर्व केन्द्रीय मंत्री और भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने पटना में विभिन्न स्थानों पर चित्रगुप्त पूजा समारोह में भाग लिया इधर भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह के प्रतीक का पर्व भैया दूज के अवसर पर बहनों ने अपने भाईयों के दीर्घायु होने की कामना की महिलाओं ने अपने भाईयों की सुख और समृद्धि के लिए गोधन कूटने की परम्परा भी निभायी दरभंगा जिले के शिवधारा में सदर एसडीओ की निगरानी में की गयी छापेमारी में दो सौ बोरा सरकारी गेहू लदे एक ट्रक को जब्त किया गया इस संबंध में दुकानदार के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि सरकारी गेहू की कालाबाजारी की सूचना मिलने पर स्थानीय बीडीओ और एमओ को छापेमारी के निर्देश दिये गये थे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की आज घोषणा कर दी गयी पूर्व मंत्री भूदेव चौधरी को फिर से पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है जितेन्द्र नाथ को अभियान समिति का प्रदेश अध्यक्ष जबकि निर्मल कुशवाहा को प्रधान महासचिव की जिम्मेदारी दी गयी है पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा में बताया कि छह कार्यकारी अध्यक्ष दस उपाध्यक्ष तेईस प्रदेश महासचिव और छह विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष बनाये गये हैं मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र के हंसना गांव में डकैतों ने तीन घरों से लाखों रूपये लूट लिये इस दौरान कई राउंड फायरिंग और बमबारी की डकैतों को खदेड़ने के प्रयास में डीएसपी पश्चिमी कृष्ण मुरारी प्रसाद समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गये इधर जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत नवादा में अपराधियों ने एक पेट्रोल पम्प कर्मी से तीस हजार रुपये और कागजात लूट लिये वहीं पूर्वी चंपारण जिले के शिकारगंज थाना क्षेत्र में कपुरपकरी गांव के पास अपराधियों ने एक कपड़ा व्यवसायी से तीन लाख रुपये लूट लिये दिल्ली से मुजफ्फरपुर आ रही एक यात्री बस पूर्वी चंपारण जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या अठाईस पर कोटवा थाना के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गयी इस हादसे में बारह यात्री घायल हो गये इधर कटिहार जिले के मनिहारी थाना क्षेत्र के कुमारीपुर गांव के पास ऑटो रिक्शा और ट्रैक्टर की टक्कर में दो महिला श्रद्दालुओं की मौत हो गयी और छह अन्य घायल हो गये इधर रोहतास जिले में दरिगांव थाना क्षेत्र में बेलाढ़ी गांव के पास एक ऑटो रिक्शा के पलट जाने से होमगार्ड के आठ जवान घायल हो गये लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां जोरों पर है पटना समेत राज्य भर में छठ के दौरान विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए स्पेशल मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि छठ को लेकर नदियों नहरों और तालाबों के किनारे घाट निर्माण और साफ सफाई के कार्यों में जिला प्रशासन स्वयंसेवी संस्थाएं और पूजा समितियां जुटी हुई हैं घाटों पर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है साथ ही पहुंच पथों पर भी साफ सफाई की जा रही है छठ को लेकर बाजारों में काफी चहल पहल देखी जा रही है बाजार छठ पूजा सामग्री सूप दउरा मिट्टी के चूल्हे आम की लकड़ी और अन्य सामग्रियों से सज गये हैं महापर्व छठ के अवसर पर बढ़ती भीड़ के मद्देनजर पूर्व मध्य रेलवे ने प्रदेश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से चार और विशेष ट्रेनों के परिचालन का फैसला किया है ये ट्रेनें प्रदेश के अलग अलग स्टेशनों से रांची आनंद विहार और दुर्ग के लिए चलायी जायेंगी इधर शेखपुरा और कटिहार जिला प्रशासन ने रेलवे से आग्रह किया है कि अर्घ्य वाले दिनों में जिले से होकर गुजरने वाली ट्रेनों की रफ्तार धीमी रखी जाए जिससे ट्रैक के पास वाले छठ घाटों पर व्रतियों को असुविधा न हो कटिहार में जिला प्रशासन द्वारा संवेदनशील घाटों की निगरानी ड्रोन कैमरे से की जायेगी रेलवे ने अधिकृत रेलवे टिकटिंग एजेंटों के जरिए बुक किए गए टिकटों के लिए एक नई वन टाइम पासवर्ड ओटीपी आधारित पैसा वापसी प्रणाली शुरू की है इस पहल का उद्देश्य आरक्षित ई टिकटों के लिए एक पारदर्शी और ग्राहक अनुकूल धनराशि वापसी प्रणाली लाना है इस नई प्रणाली को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईआरसीटीसी लागू करेगा ओटीपी बुकिंग के समय उपलब्ध कराए गए यात्री के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगा यात्री को वापसी राशि प्राप्त करने के लिए टिकट बुक करने वाले एजेंट के साथ ओटीपी साझा करना होगा जमुई जिले के झाझा प्रखंड में चलायी जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना शौचालय निर्माण और सात निश्चय योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जांच के लिए टीम का गठन किया गया है जिलाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि भाजपा विधायक रविन्द्र यादव की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए वरीय उपसमाहर्ता संतोष कुमार के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया गया जांच टीम एक पखवाड़े के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी बक्सर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर पुलिस ने लगभग साढ़े तीन हजार बोतल विदेशी शराब के साथ पांच लोगों को गिरफ्तार किया है वहीं जिले के धनसोई थाना के दुल्फा गांव में भारी मात्रा में अर्द्वनिर्मित शराब को नष्ट कर दिया गया अररिया जिले के बैरगाछी और मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में भी पुलिस ने भारी मात्रा में शराब जब्त की है पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत चैलाहा धोबी घाट के पास एक गड्ढ़े में स्नान करने के दौरान डूबने से तीन बच्चियों की मौत हो गयी पुलिस ने बताया कि तीनों के शव बरामद कर लिये गये हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है शिवहर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची सत्यापन कार्य में शिथिलता बरतने को लेकर एसडीओ अयाज अहसन ने एक सौ बत्तीस बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर समीर कुमार की हत्या के मामले में अभियुक्त आशुतोष शाही के दिल्ली स्थित आवास पर पुलिस ने छापेमारी की

प्रदेश में चित्रगुप्त पूजा और भैया दूज का त्योहार श्रद्धापूर्वक मनाया गया